इसके साथ ही अब तक तीन आरोपी गिरफ्तार किये जा चुके है फरार दो आरोपियों की तलाश की जा रही है उधर राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक राजीव पचार को एपीओ और थाना प्रभारी सरदार सिंह को निलंबित कर दिया है इसके अलावा चार पुलिसकर्मियों को भी लाईन हाजिर किया गया है फरार आरोपियों की तलाश में उप अधीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारियों की टीम जुटी हुई है आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमों को अन्य राज्यों में भेजा गया है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना की कडी निंदा करते हुए अपराधियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने के लिये वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये है श्री गहलोत ने कहा कि पुलिस द्वारा किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पाये जाने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी उन्होंने कहा कि सरकार महिला सुरक्षा के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध है

इस सूची में ज्यादातर सिंख समुदाय के लोग थे जिन्होंने भारत में कथित उत्पीड़न के बहाने से विदेशों में शरण ले रखी थी यह सूची विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में रखी जाती थी सरकारी सूत्रों ने बताया कि ऐसे सभी लोगों को सामान्य वीजा और प्रवासी भारतीयों का कार्ड जारी किया जायेगा

यह पहली बार है जबकि दो विद्यार्थी सौ प्रतिशत अंक लाये है

नाबालिगों के परिजनों को नोटिस देकर पाबंद किया गया इधर अजमेर में जिला प्रशासन की सजगता से चार नाबालिग लडकियों का विवाह रूकवाया गया अजमेर जिले के पीसांगन के गांव मुकंजी की ढाणी रिथित एक परिवार में मुत्य भोज की आड में चार नाबालिग लड़कियों का विवाह कराने की पुलिस को सूचना मिली थी इस पर पुलिस और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर बच्ची के पिता को हिरासत में ले लिया और संबंधित न्यायालय में पेश कर शादी नही करने के लिये पाबंद किया इस बीच बूंदी जिले में भी तीन स्थानों पर बाल विवाह रूकवाये गये टोंक जिले में पुलिस और प्रशासन ने काकोड और नया गांव में तीन बाल विवाह रूकवाये गये

पुलिस मामले की जांच कर रही है

यह फिल्टर रक्त चढ़ाने से पहले बीटी सेट पर लगेगा इससे रोगग्रस्त बच्चों को एलर्जी बुखार और रक्त संक्रमण से बचाया जा सकेगा

परिषद के सभापित के के गुप्ता ये पुरस्कार ग्रहण करेंगे

चार दिन की इस प्रतियोगिता में सौ से अधिक टीमें भाग ले रही हैं जो भीषण गर्मी में टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर निकलेंगी इस प्रतियोगिता में छह सौ किलोमीटर का दूर्गम और कठिन मार्ग शामिल है

यह राजस्थान का पहला शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जिसे यह मान्यता मिली है

पूर्वी तटीय रेलवे ने चकवात को देखते हुए जोधपुर से पुरी आने और जाने वाली ट्रेनें रद्द करने का निर्णय किया है पुरी से जोधपुर आने वाली एक्सप्रेस आज रद्द रहेगी

कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी होने की संभावना है